आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मंडावा तथा खींवसर से नवनिर्वाचित सदस्यों रीटा चौधरी तथा नारायण बेनीवाल को शपथ दिलायी गयी

उन्होंने कहा कि जब सभी पक्ष एकमत होंगे तभी संविधान का अक्षरश पालन हो सकेगा श्री धारीवाल द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक रहे गोलवलकर की पुस्तक में लिखी बातों का उल्लेख किया गया तो हंगामें की रिथति बन गई और पक्ष विपक्ष के बीच इसपर तीखी नोंक झोंक हई चर्चा में भाग लेते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमें संविधान को केंद्र बिंदु बनाकर भविष्य की ओर देखना होगा श्री पायलट ने कहा कि संविधान की गरिमा और सिद्धान्तों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है

शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया जा रहा है श्री ठाकरे शिवसेना एन सी पी और कांग्रेस गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे

योजना के शुभारंभ के मौके पर श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रक्षा के लिए विभिन्न कमेटियों बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाएगा

जिसमें मजदूर से लेकर छोटे व्यापारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा

समापन समारोह में गोल्डन और सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिए गए बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड पार्टीकल्स फिल्म को दिया गया सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड बेस्ट एक्टर के लिए स्यू जॉर्ज को दिया गया

भारतीय पैनोरमा में गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया

पुलिस ने पचास हजार रूपए के इनामी सुरेश गुर्जर सहित दो बदमाशों को भरतपुर जिले में गिरफ़्तार किया है